न्यायालय ने कहा कि पुनर्विचार याचिकाओं में कोई गुण दोष नहीं है तीन न्यायधीशों की पीठ ने राफेल सौदे में प्राथमिकी दर्ज करने की मांग को भी खारिज कर दिया

राफेल पर अदालत के फैसले के बाद भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस मसले पर जनता से झूठ बोलने के लिए कांग्रेस और राहुल गांधी से माफी मांगने को कहा है

सभी नेता पहले बंद कमरे में बैठक करेंगे उसके बाद मुख्य बैठक होगी बाद में सभी नेता ब्रिक्स व्यापार परिषद और न्यू डेवलपमेंट बैंक के प्रमुखों से बातचीत करेंगे परिषद और बैंक अपनी कल हुई बैठकों और उसमें पारित प्रस्तावों के बारे में नेताओं को अपनी रिपोर्ट भेजेंगे इसी साल ब्रिक्स इनोवेशन नेटवर्क ब्रिक्स इंस्टीट्यूट ऑफ फ्यूचर नेटवर्क और एक वूमन बिजनेस अलायंस की शुरूआत भी की जायेगी जिससे ब्रिक्स समितियों को सशक्त करने की दिशा में मील का पत्थर बनने की संभावना है

इस मौके पर प्रदेष भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं राज्यपाल लालजी टंडन ने बाल दिवस पर बच्चों को बधाई दी है राज्यपाल ने अपने संदेश में कहा है कि देश का हर बच्चा शिक्षित हो साथ ही उसका भविष्य उज्जवल और समुद्ध हो वहीं मुख्यमंत्री कमलनाथ सहित अन्य नेताओं ने राजधानी भोपाल के रोशनपुरा चौराहा स्थित नेहरू जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की हमारे आगरमालवा संवाददाता ने बताया कि इस अवसर पर जिले के आंगनवाड़ी केन्द्रों में बच्चों के लिए प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं शिवपुरी में भी स्कूलों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है यहां बच्चों ने संस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तृतियां दी वहीं खंडवा जिले में आंगनवाड़ी केन्द्रों में बालरंग मेले आयोजित किये गये हैं गुना जबलपुर शहडोल छतरपुर नीमच सहित अन्य जिलों से भी बाल दिवस मनाये जाने की खबरें मिल रही है

मधुमेह आज विश्व मधुमेह दिवस है इस अवसर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक ऐसी पहल शुरु की है जिससे मधुमेह के लिए इन्सुलिन की कीमतों में कटौती होगी और यह आसानी से उपलब्ध हो पाएगा बताया जाता है कि औषधि निर्माताओं ने जो नयी इन्सुलिन तैयार की है उससे उसकी ग्णवत्ता सुरक्षा क्षमता और किफायत सुनिश्चित होगी संयुक्त राष्ट्र स्वास्थ्य एजेंसी ने विश्व में मध्मेह पीड़ितों की संख्या बढ़ने पर चिंता व्यक्त की है

इस अवसर प्रदेश में भी मधुमेह की जागरुकता के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे है पन्ना में जागरुकता कार्यक्रम आयोजित किया गया जिससें लोगों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने की सीख दी गई समिति गठित प्रदेश में कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय समिति गठित की गयी है समिति में वित्त किसान कल्याण एवं क्रषि विकास सहकारिता और खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के प्रमुख सचिव को सदस्य मनोनीत किया गया है समिति खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को एक माह में अपनी अनुशंसा प्रस्तुत करेगी क्रिकेट भारत और बांग्लादेश के बीच इंदौर में खेले जा रहे पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के पहले दिन बांग्लादेश की पारी लड़खड़ा गई है भारतीय गेंदबाजों ने पिच की नमी का फायदा उठाते हए बांग्लादेश के टॉप ऑर्डर को सस्ते में समेट दिया

भारत की ओर से मोहम्मद शामी ने तीन और आर अश्विन ने दो विकेट लिए इसके पहले आज बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया

यह विज्ञान मेला कलसे शुरु हो रहा है

दौरे के दूसरे दिन आज वे पुलिस लाईन का वार्षिक निरीक्षण करने सहित कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे